अब से थोड़ी देर बाद गिनती के रूझान मिलने लगेंगे

समस्तीपुर लोकसभा सीट के साथ ही नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और किशनगंज विधानसभा सीट के लिये सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू हो गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार अब से थोड़ी देर बाद से रूझान आने लगेंगे और दोपहर बाद तक सभी परिणाम आने की संभावना है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी केन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है इन सीटों पर उपचुनाव के तहत इक्कीस अक्टूबर को मतदान कराया गया था उपचुनाव की मतगणना के बाद छह महिला उम्मीदवारों सहित इक्यावन प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर हैं उसमें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोक जन शक्ति पार्टी के प्रिंस राज और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार प्रमुख है बेलहर विधानसभा सीट से जदयू के लालधारी यादव राजद के रामदेव यादव नाथनगर से जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल राजद की राबिया खातून हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अजय राय सिमरी बख्तियारपुर से जदयू के अरूण यादव राजद के जफर आलम दरौंदा से जदयू के अजय कुमार सिंह राजद के उमेश कुमार सिंह सीपीआई के भरत सिंह और भाकपा माले के जयशंकर पंडित की राजनीतिक किस्मत भी दांव पर है इसके अलावा किशनगंज से भाजपा की स्वीटी सिंह कांग्रेस की सईदा बानो और सीपीआई के फिरोज आलम के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है कई जगहों पर वज्रपात की आशंका जतायी गयी है ठंडी हवा के चलने के कारण उच्चतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने का भी पूर्वानुमान जताया गया है दीपावली के मौके पर केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत चौबीस लाख चालीस हजार परिवारों को गोल्डेन कार्ड दिया जायेगा राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इन कार्डो का वितरण जिला स्तर पर शिविर लगाकर किया जायेगा श्री सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को वसुधा केन्द्रों पर पंचायत कार्यपालक सहायकों की मदद से पात्र परिवारों के गोल्डेन कार्ड बनवाने के निर्देश दिये गये हैं साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पटना में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जायेगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की ग्यारहवीं विशेष बैठक में इस पर सहमति बनी साथ ही बिहार में पॉक्सो अधिनियम के तहत चौवन विशेष अदालतों के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया बैठक में महानंदा और तिस्ता नदी का पानी गर्मी के मौसम में बिहार को उपलब्ध कराने पर भी मंथन हआ राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमित संचालन के लिए तीन कुलपतियों की समिति गठित करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि यह समिति समय पर अकादमिक और शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने के साथ साथ कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के संबंध में भी अपने सुझाव देगी आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में बाढ़ और सुखाड़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सात सौ पचास करोड़ रूपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है कृषि विभाग द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर इस राशि की मांग की गयी है रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलों का सबसे अधिक नुकसान गया जिले में हुआ है फसल नुकसान के मामले में दूसरे स्थान पर पटना जिला है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उर्वरक निगरानी समिति का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के खाद उपलब्ध हैं श्री कुमार ने खाद की किल्लत से जुड़ी अफवाहों पर किसानों से ध्यान नहीं देने की अपील की केन्द्र सरकार ने दो हजार बीस इक्कीस विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है गेंहू का एमएसपी पचासी रुपए प्रति क्विंटल से बढाकर एक हजार नौ सौ पच्चीस रुपए कर दिया गया है चने का समर्थन मूल्य दो सौ पचपन रुपए जौ पचासी सरसों तेल दो सौ पचपन और सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में दो सौ सत्तर रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में हुए भीषण जल जमाव के संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे बैठक में स्थानीय सांसद और विधायक शामिल होंगे इधर कल जल जमाव के कारणों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने सैदपुर और राजेन्द्र नगर में स्थल निरीक्षण किया और आम लोगों के साथ बातचीत की विकास आयुक्त अरूण सिंह के नेतृत्व वाली इस टीम ने जांच के दौरान यह पाया कि नालों की उड़ाही नहीं होने और रात में सम्प हाउस नहीं चलने के कारण भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी को भी एक प्रमुख कारण माना गया प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कल पटना के सरकारी अस्पतालों एक सौ छियालीस मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है जबकि अन्य प्रमुख निजी अस्पतालों में डेंगू के इक्कीस मरीज मिले हैं गया नालंदा और भोजपुर जिलों में भी डेंगू के कई नये मामले प्रकाश में आये हैं कुख्यात भोला सिंह और उसके भाई की हत्या की साजिश रचने के मामले में वायरल हुए वीडियो को लेकर मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ बाढ़ की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है एक सौ पचास पन्नों से अधिक के आरोप पत्र में सबूतों के ब्यौरे के साथ बारह गवाहों के बयान भी दर्ज हैं पटना हवाई अड्डे से दीपावली के दिन से अमृतसर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी हवाई अड्डा के निदेशक भूपेश नेगी ने यह जानकारी दी पटना से अमृतसर के लिए सीधी उड़ान शुरू करने के फैसले का सिख श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है सोनपुर रेल मंडल अंतर्गत रामदयालु नगर से हाजीपुर के बीच आज से दोनों रेल लाईनों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा इस रूट पर सैंतालीस दशमलव सात दो किलोमीटर रेल लाईन के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है त्योहारों के मौसम को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों और कर्मियों की पच्चीस अक्टूबर से चार नवम्बर तक की छुटि्टयां रद्द दी है इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही सत्तरवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में राजस्थान और पंजाब की टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में केरल और छत्तीसगढ़ की टीमें आमने सामने होंगी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में केस की जांच अधिकारी प्रनम रानी को निलंबित कर दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है गेहूं और दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है किसानों को दिवाली का तोहफा रबी फसलों के एमएसपी में तीन सौ पच्चीस रूपये तक की बढ़ोतरी दैनिक भास्कर की सुर्खी है महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार की छह सीटों के चुनाव नतीजे आज आयेंगे प्रभात खबर लिखता है दिल्ली में जदयू के प्रशिक्षण शिविर में बोले नीतीश पूरे देश में हो शराबबंदी राष्ट्रीय सहारा लिखता है मुण्डेश्वरी धाम में मंदिर के नीचे बनेगा इको टूरिज्यम पार्क आज की सुर्खी है दूसरे दिन भी रहा ट्रकों का चक्का जाम

अब से थोड़ी देर बाद गिनती के रूझान मिलने लगेंगे